ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में औद्योगिक निवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही

इसके अलावा कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी पांच हजार करोड़ रूपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पिति में स्नो हारवेस्टिंग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी ताकि जिले में ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का संग्रहण कर उसे पेयजल और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सके उन्होंने कहा कि इसके लिए हिम आवधाव व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक जिले का दौरा करेंगे मारकंडा आज चंद्रा वैली के सैल्टू में विभिन्न गांवों के लोगों की समस्या सुनने के बाद स्थानीय युवक मंडल द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष गठित किया गया है इस कोष के तहत जरूरतमंदों को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त पीजीआई चण्डीगढ़ मैडिकल कॉलेज और ऐम्स में भी आयुषमान भारत योजना के तहत उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी इस चिकित्सा सहातया कोष में सभी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है स्वास्थ्य मंत्री आज सुल्ह विधानसभा क्षेत्र के पनियाली में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं के निपटारे के आदेश दिए ताकी उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े राज्यपाल प्राकृतिक कृषि के मॉडल को जानने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज दो दिन के हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में उनका विधिवत स्वागत किया अपने हिमाचल दौरे के दौरान बेबी रानी मौर्य बागवानी व वानीकी विश्वविद्यालय सोलन में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक कृषि को लेकर आयोजित छः दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह की कल अध्यक्षता करेंगी किसान किसानों के कल्याण के लिए इस वर्ष भी मुख्यमंत्री किसान व खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना जारी रहेगी कृषि निदेशक राजेन्द्र कुमार वर्मा ने शिमला में कहा कि ये योजना कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के घायल होने या उनकी मृत्यू होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने आरंभ की है

इस मौके पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार भी मौजूद थे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर अधिकारी संघ राज्य विद्युत बोर्ड और दोनों निगमों का इस पुनित कार्य में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि यह योगदान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सहायक सिद्ध होगा मुख्यमंत्री ने समाज के परोपकारी और सम्पन्न वर्ग से इस कार्य के लिए आगे आने का आग्रह किया धरना छात्र अभिभावक मंच और एसएफआई की शिमला शहर इकाई ने खलीनी बस हादसे तथा बसों में ओवरलोडिंग के मुददे पर आज जिलाधीश कार्यालय शिमला के बाहर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान खलीनी बस हादसे में मृत दो छात्राओं और चालक को भी श्रद्धांजलि दी गई इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सड़क हादसों में लगातार वृद्वि हो रही है लेकिन सरकार इन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है उन्होंने प्रदेश में अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं के लिए ओवरलोडिंग को जिम्मेबार ठहराया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है इसीलिए जनमंच कार्यक्रम की शुरूआत की गई ताकि आम लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े वीरेन्द्र कंवर आज ऊना में बंदोबस्त मामलों के निपटारे के लिए अलग से आयोजित जनमंच कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जनमंच में अक्कसर बंदोबस्त से जुडे मामलों की शिकायतें आती थी इसी कारण उन्होंने अलग से बंदोबस्त जनमंच करने का फैसला लिया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने विभाग के मुख्य अभियंता को पीरन उठाउ सिंचाई योजना के अधूरे कार्य को एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ये निर्देश आज शिमला में उनसे मिलने आए पीरन पंचायत के प्रतिनिधियों और भाजपा बूथ अध्यक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल की मांग पर जारी किए उन्होंने ट्रहाई गांव के लिए सिंचाई योजना की रूपरेखा तैयार करने को भी कहा

आकाशवाणी से बातचीत करते हुए सोलन शहर की गृहिणियों को उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनकी रसोई के बजट का अवश्य ख्याल रखेगी इन महिलाओं का ये भी कहना है कि महिला सुरक्षा का भी बजट में ध्यान रखा जाना चाहिए और रसोई गैस सिलेण्डर सब्जियों व दालों के दाम कम होने चाहिए

इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा गया है

मॉनसून दक्षिण पश्चिमी मॉनसून हिमाचल पहुंच गया है मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक राज्य के चार जिलों शिमला लाहौल स्पिति सिरमौर और किन्नौर में मॉनसून ने प्रवेश कर लिया है

प्रदेश में मॉनसून अकसर जून के अंतिम सप्ताह में पहुंच जाता है

इस बीच आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और शिमला सहित कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई शिविर शिमला जिला कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा आज शिमला में मीडिया कर्मियों के लिए हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए प्रैस क्लब में एक शिविर का आयोजन किया गया इस दौरान मीडिया कर्मियों के हिमकेयर हैल्थ कार्ड बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर के राज्य प्रमुख अशोक चौहान ने कहा कि बुधवार को भी हैल्थ कार्ड बनाने का कम जारी रहेगा